विधानसभा उपचूनाव को लेकर महागठबंधन में मतभेद उभरा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत में लोग महात्मा गांधी की सीख का अनुसरण करते हैं और स्वच्छ भारत मिशन जैसे आंदोलनों को बढ़ावा दे रहे हैं श्री मोदी आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में महात्मा गांधी पर अपने विचार साझा कर रहे थे साउंड बाईट आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता का जो सपना देखा था वो अब साकार होने जा रहा है गांधी जी कहते थे कि एक आदर्श गांव तभी बन सकता है जब वह पुरी तरह स्वच्छ हो आज हम गांव ही नहीं पुरे देश को स्वच्छता के मामले में आदर्श बनाने की तरफ बढ रहे हैं उन्होंने कहा कि जो लोग कभी गांधीजी से मिले भी नहीं वे भी उनके जीवन से बहुत प्रभावित थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हों या नेल्सन मंडेला उनकी आस्था और विश्वास का आधार गांधीजी और उनके विचार थे केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि देश में प्याज का पर्याप्त भंडार मौजूद है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के पास छप्पन हजार टन प्याज है जिसे विभिन्न राज्यो को उनकी मांग के अनुसार कम कीमत पर मुहैया कराया जा रहा है श्री पासवान ने टवीट कर कहा है कि प्याज की कीमतों को लेकर सरकार अलर्ट है उन्होंने कहा कि खराब मौसम के कारण प्याज की पैदावार खराब होने और कई इलाकों में बाढ़ से इसकी ढुलाई प्रभावित होने के कारण दाम में अचानक व्रद्धि हुई है लेकिन जल्द ही इसकी कीमत नियंत्रित हो जायेगी शिक्षा विभाग ने पांच सितम्बर को विभागीय आदेश की अवहेलना कर स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले नियोजित शिक्षकों के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिलों के डीईओ डीपीओ बीईओ और विभिन्न विद्यालयों के प्रधान शिक्षक को निर्देशित किया है गौरतलब है कि पांच सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नियोजित शिक्षकों ने विद्यालयों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के आदेश के बावजूद पटना में आयोजित आंदोलन में भाग लिया था दो अक्टूबर को शुरू होने वाले जल जीवन हरियाली अभियान के मद्देनजर सरकारी स्कूलों में गांधी जयंती की छटटी रदद कर दी गयी है इस दिन सभी स्कूल प्रभात फेरी सर्वधर्म प्रार्थना सभा स्वच्छता और पर्यावरण रक्षा की शपथ जैसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे उपच्रनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन के विभिन्न दलों के बीच मतभेद उभरकर सामने आ गया है महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने सहयोगियों से राय मशविरा किये बिना ही एकतरफा चार विधानसभा क्षेत्रों के लिये अपने उम्मीदवार घोषित कर दिये पार्टी ने नाथनगर से राबिया खातून बेलहर से रामदेव यादव दरौंदा से उमेश सिंह और सिमरी बख्तियारपुर से जफर आलम को उम्मीदवार बनाया है जबकि किशनगंज सिटिंग सीट होने के कारण कांग्रेस को दी गयी है राजद की एकतरफा घोषणा के बाद महागठबंधन के घटक दल हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ने नाथनगर से अजय राय को उम्मीदवार बनाये जाने की घोषणा कर दी वहीं वीआईपी पार्टी ने सिमरी बख्तियारपुर से अपने प्रत्याशी उतारने का एलान कर दिया है इधर एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई पेंच नहीं है जनता दल यूनाईटेड ने अपनी चार सिटिंग सीटों दरौंदा से अजय सिंह बेलहर से लालधारी यादव नाथनगर से लक्ष्मीकांत मंडल और सिमरी बख्तियारपूर से अरूण यादव को उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है जबकि भाजपा ने एक सीट किशनगंज पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है पटना मेट्रो निर्माण के लिये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और राज्य सरकार के बीच करार हो गया है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में दोनों पक्षों की ओर से समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये गये समझौते के अनुसार पांच साल के भीतर पटना मेट्रो के पहले फेज का निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा अधिकारियों ने कहा कि कुछ ही दिनों के भीतर निर्माण कार्य की शुरूआत हो जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुंगेर में एक सौ अठहत्तर करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले वानिकी महाविद्यालय और अभियंत्रण महाविद्यालय का शिलान्यास किया जिले के पोलो मैदान में आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये संकल्पबद्ध है श्री कुमार ने कहा कि मुंगेर में एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना की जायेगी इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि स्वच्छता और जलापूर्ति केन्द्र सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है श्री शेखावत आज नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र में छठे भारत जल सप्ताह प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे थे प्रदर्शनी में नमामि गंगे विभिन्न नदियों को जोड़ने वर्षा जल संचयन में इस्तेमाल होने वाली तकनीक और अन्य जल परियोजनाओं को दर्शाया गया है साउंड बाईट पीने का पानी हर घर तक पाइप के माध्यम से नल के माध्यम से पहुंचे सरकार इसके लिए संकल्पबद्ध है सेनिटेशन फॉर ऑल लगभग हम पूर्णतया के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर पहुंच चुके हैं निश्चित रूप से ऐसे समय में भारत के लिए यह विषय अत्यंत ही उत्साहवर्द्धक भी है और अत्यंत ही चुनौती भरा भी है केन्द्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार की शुरूआत की है यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय तथा प्रेरणादायक योगदान के लिए चयनित व्यक्ति को दिया जाएगा इकतीस अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर इस प्रस्कार की घोषणा की जाएगी गंगा समेत राज्य के अधिकांश नदियों का जलस्तर घट रहा है या स्थिर बना हुआ है गंगा नदी का जलस्तर बक्सर और पटना के दीघा घाट में कम हुआ है जबकि मुंगेर और कहलगांव में रिथर बना हुआ है वहीं भागलपुर में नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गयी हाथीदह दीघा घाट और भागलपूर में गंगा नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के लगभग एक मीटर ऊपर या इससे अधिक के स्तर पर बना हुआ है सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर में स्थिर लेकिन खतरे के निशान के ऊपर है पुनपुन नदी पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान के नीचे बह रही है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि पटना में गंगा नदी का जलस्तर प्रत्येक घंटे एक सेंटीमीटर की दर से नीचे जा रहा है फरक्का बराज के गेट खोल दिये जाने के बाद डिस्चार्ज बढ़ने से बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार की संभावना है इधर घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के दरौली और गंगप्र सिसवन में घटा है गंडक नदी के जलस्तर में भी कमी दर्ज की गयी है बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के अहिरवलिया को छोड़कर सभी स्थानों पर घट रहा है इधर खगड़िया में नदी का जलस्तर स्थिर है लेकिन खतरे के निशान से ऊपर है नदी के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने के कारण विभिन्न जिलों में बड़ी आबादी प्रभावित है इन इलाकों में प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का कार्य चलाया जा रहा है राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में चक्रवाती प्रभाव के कारण आकाश में बादल छाये हुए हैं और कहीं कहीं हल्की वर्षा हुई है अगले तीन से चार घंटे के दौरान सीवान गोपालगंज अरवल और औरंगाबाद के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की गयी है मौसम विभाग ने अपने प्रर्वानुमान में कहा है कि पटना गया और भागलपुर समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में अगले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक सौ तीनवीं जयंती के अवसर आज प्रदेश भर में स्वच्छता सेवा सहित कई कार्यक्रम आयोजित किये गये पटना में प्रदेश भाजपा ईकाई की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सभा आयोजित कर उनके योगदान को याद किया गया उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर राज्य सरकार पटना के आरएसएस कार्यालय के पास उनकी प्रतिमा स्थापित करेगी

विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में मतभेद उभरा